प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अवधि के दौरान केवल आवश्यक सेवा में लगे लोगों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने देशवासियों से डॉक्टरों चिकित्सा कर्मियों और सफाई कर्मचारियों की सेवा के प्रति आभार व्यक्त करने का अनुरोध किया

उन्होंने लोगों से इन दिनों नियमित जांच के लिए अस्पताल जाना टालने का आग्रह किया ताकि चिकित्सा कर्मियों पर काम का बोझ कम हो प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित रखने के लिए हर आवश्यक उपाय कर रही है प्रधानमंत्री ने व्यवसायी समुदाय से अपने कर्मचारियों की आर्थिक जरूरतों का ध्यान रखने को कहा और काम पर आने में असमर्थ होने की स्थिति में उनका वेतन नहीं काटने का अनुरोध किया प्रधानमंत्री ने लोगों से संकल्प और संयम की शक्ति के साथ केन्द्र और राज्य सरकारों के दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा मुख्यमंत्री इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री के संबोधन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को इस वायरस के खिलाफ सतर्क और सजग रहना चाहिए जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री द्वारा किए गए आहवान को अपना पूरा समर्थन देने की अपील की है उन्होंने कहा कि राज्य में आवश्यक वस्तुओं और दवाओं का पर्याप्त भंडार है और किसी को घबराने की जरूरत नहीं है रेल सेवा उधर कांगड़ा जिले में कोरोना वायरस के संभावित खतरे व लोगों की सुरक्षा के दृष्टिगत पंजाब से आने वाली सभी रेल सेवाओं पर कल मध्य रात्रि से आगामी आदेशों तक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है उपायुक्त राकेश क्मार प्रजापति ने बताया कि सीमांत राज्यों में इस बीमारी के क्छ मामलें ध्यान में आने के बाद ऐतिहातन यह कदम उठाया गया है राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि जनजातीय क्षेत्रों की संस्कृति परंपराओं और रीति रिवाजों को संजोए रखने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए राजभवन में कल जनजातीय विकास विभाग की एक बैठक में उन्होंने कहा कि छोटे गांव को भी राजस्व गांव का दर्जा दिया जाना चाहिए ताकि उसके लिए अधिक धनराशि उपलब्ध करवाई जा सके एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने कोरोना वायरस को देखते हुए प्रदेश में सैलानियों के आने पर रोक लगाए जाने की खबर को प्रमुखता दी है

पंजाब केसरी के शब्द हैं हिमाचल में सैलानियों के प्रवेश पर रोक आगामी आदेशों तक नहीं आ पाएंगे पर्यटक दिव्य हिमाचल लिखता है कोरोना का संकमण रोकने के लिए सरकार का अब तक का सबसे बड़ा फैसला दैनिक जागरण का शीर्षक है हिमाचल में पर्यटकों पर रोक दूसरे राज्यों के साथ लगती सीमाएं सील चौकसी बढ़ी

जबकि हिमाचल दस्तक ने लिखा है पर्यटकों के लिए हिमाचल बंद इंटर स्टेट बसें भी नहीं चलेंगी दैनिक सवेरा टाइम्स आपका फैसला और अजीत समाचार के लगभग एक जैसे शब्द हैं पर्यटकों के हिमाचल में आने पर प्रतिबंध

दैनिक सवेरा टाइम्स लिखता है सूबे में हवाई उड़ानों पर लग सकता है प्रतिबंध कफ सिरप से बच्चों की मौत से जुड़ी खबर पर हिमाचल दस्तक की सुर्खी है हरियाणा से हिरासत में लिया दवा उद्योग का मैन्यूफेक्चरिंग केमिस्ट आपका फैसला ने राज्यपाल बंडारू दतात्रेय के हवाले से लिखा है जनजातीय क्षेत्रों की संस्कृति और रीति रिवाजों को संजोएं